उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इस नीति को और आगे बढ़ाएगा उन्होंने कहा कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा पी एम मोदी ने कहा कि भारत की टीका निर्माण और इन्हें उपलब्ध कराने की क्षमता से भी समूची मानवता को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र स्रक्षा परिषद में स्धार करना अत्यंत आवश्यक है उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भारत ब्रिक्स के अपने सहयोगियों से मदद की उम्मीद करता है श्री मोदी ने कहा कि इस साल के सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता साझा स्रक्षा और नवाचार आधारित विकास केवल समसामयिक महत्व के विषय नहीं हैं बल्कि यह भविष्य पर भी आधारित है उन्होंने कहा कि द्निया में बड़े भू रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं जिनका असर वैश्विक स्थिरता सुरक्षा और विकास पर पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी ने द्वितीय विश्वय्द्व में शहीद ह्ए सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की

राज्यपाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मियाओ विजोयनगर सड़क के निर्माण कार्य की सतत निगरानी कर रहे है यह पी एम जी एस वाई रोड नामदफा राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व के वन्यजीव और वनस्पतियों के संरक्षण में सहायता के साथ इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगो के लिए काफी मायने रखता है पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा राष्ट्रीय स्रक्षा के नजरिए से भी मियाओ विजोयनगर सड़क परियोजना महत्वपूर्ण है राज्यपाल ने आगामी फरवरी महीने तक ज्यादातर काम पूरा कर लेने और इस सड़क को कार्यरत बनाने को कहा है

राज्यपाल ने विजोयनगर सहित प्रदेश के द्र दराज के इलाको में पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्त्ओ की आपूर्ति सु्निश्चित करने और धोखाधड़ी की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सम्चित निगरानी पर जोर दिया उन्होंने बी एस एन एल और अपेडा के माध्यम से राज्य के स्दूर क्षेत्रों में संचार और बिजली की स्विधाएं म्हैया कराने का सुझाव दिया राज्यपाल ने विजोयनगर अंचल में आत्म निर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए यहां के हस्तशिल्प उत्पादो की प्रभावी तरीके से खरीद करने के निर्देश दिए

राज्य में कोविड रिकवरी दर इक्यानबे दशमलव नौ तीन प्रतिशत हो गई है प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार दो सौ बत्तीस है प्रदेश में अब तक चौदह हजार पांच सौ अट्टासी कोविड संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो च्के है और उनसे मरने वालों की संख्या अइतालीस है राज्यभर में कल कोविड जांच के लिए एक हजार तीन सौ इकतालीस सैपंल एकत्र किए गए

राज्य के च्नाव आय्क्त आलोक क्मार ने बताया कि पहले चरण में उदलग्री और बक्सा जिलों में तथा दूसरे चरण में कोकराझार और चिरांग में च्नाव होंगे हमारे संवाददाता ने बताया कि कोविड की महामारी के कारण च्नाव प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा था

इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हए पूर्व विधायक दिकतो येकर ने कहा कि य्वाओ के लिए खेल के क्षेत्र में भी अपार संभावनाए है उन्होने य्वाओ से शिक्षा के साथ खेलों पर भी ध्यान देने की अपील की